मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई इलाके दूरदराज और पिछड़े हैं वहां पर नई पंचायतों के गठन में तय नियमों में थोड़ी ढील दी गई है

उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है और यह समय पर ही होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के पंचायत चुनावों संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि लोगों के सुझाव और मांग के आधार पर नई पंचायतों का गठन किया गया है भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को कोई पाबंदी नहीं है जो मापदंड पूरे करेगा वह प्रोजेक्ट लगा सकेगा उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों की शर्ते अलग से तय की गई हैं सुखराम चौधरी ने कहा कि इसमें उन्हें यह बताना होता है कि वे अतिरिक्त बिजली की खपत कहां करेंगे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजना निर्माता किसी भी समय इक्विटी शेयर सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत नीति के प्रावधानों के अनुसार विक्रय कर सकता है उन्होंने कहा कि पांच मेगावाट तक की क्षमता व इससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं के लिए अलग से मापदंड हैं

संकल्प जवाब हिमाचल प्रदेश में चंदन और खैर के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वन मंत्री राकेश पठानिया आज विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत खैर व चंदन के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री को लेकर नीति बनाए जाने के संबंध में लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे

उन्होंने कहा कि अदालत ने प्रदेश में तीन स्थानों पर ही खैर कटान की मंजूरी दी है

वन मंत्री ने कहा कि पहली अक्टूबर से शिमला में एफएआर का क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाएगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज विभाग के साथ मिल कर पंचवटी वाटिका योजना पर काम करेगी और इस कार्य को मरनेगा से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से खैर के मामले में रूलिंग नहीं आएगी तब तक खैर कटान के मामले में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हंगामा शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के आज चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा हो गया